ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो प्रधानमंत्री आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाएं रक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं राज्यपाल इस बीच महिला दिवस पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि जहां महिलाएं सुख से रहती है वहां देवता वास करते हैं

जयराम ठाकुर दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए वचनबद्व है और उनकी विकास व निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा रही है

झण्डूता के विधायक जीतराम कटवाल ने इस मौके पर विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में झण्ड्रता विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे

वीरेन्द्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार इस साल के अंत तक हिमाचल को धुंआ मुक्त राज्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है इसके लिए सरकार ने प्रदेश में हर पात्र परिवार को निशुल्क रसोईगैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है

राकेश जम्वाल सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है और क्षेत्र के लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है राकेश जम्वाल आज ग्राम पंचायत धवाल में उठाऊ पेयजल योजना और सनीहण बटवाड़ा सड़क उद्घाटन के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे